इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्मर भारत के साथ हमने आत्मनिर्मर मध्यप्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है इसके तहत ही हम आगे बढ रहे हैं उन्होंने कहा कि सहकारिता ही भारत का मुल भाव है उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि को आपरेटिव के साथियों ने सहकारिता को पूरी मेहनत के साथ आगे बढाया है

वहीं मुख्यमंत्री आज शाम को किसानों की बात मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में किसानों से कृषि बिल एवं अन्य किसानी कार्यो के संबंध में संवाद करेंगे इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आकाशवाणी और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर होगा

ये विधेयक आज राज्यसभा से पारित हो गया जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

मौजूदा विधेयक में भोपाल सहित सुरत भागलपुर अगरतला और रायपुर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत स्थापित पांच आईआईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने का प्रावधान है

कल देर रात लोकसभा में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया

इसमें महामारी के निदान से जुडे स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा देने और महामारियों का प्रसार रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करने के प्रावधान है विधेयक में स्वास्थ्यकर्मियों को क्षति पइंचाने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसे कार्यो को संझेय और गैर जमानती अपराध माना गया है

वहीं राज्य में मृत्यु दर भी घटकर एक दशमलव आठ छह प्रतिशत पर आ गयी है

पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहडोल जिले में भी इस योजना का लाभ मिल रहा है हमारे संवाददाता ने लाभार्थियों से बात की